मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को और अधिक सुरक्षित बनाने पर दिया बल

प्रदेश में पिछले तीन दिन में भारी वर्षा से ऊना में कई कार्यालयों में भरा पानी सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल से भेंट कर देश में एक बोर्ड एक शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की उन्होंने कहा कि इस पद्धति से जहां देशभर के विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होगी सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री द्वारा शिक्षा नीति के संबंध में तैयार किए प्रारूप पर उन्हें बधाई दी शिक्षामंत्री ने हिमाचल की शिक्षा नीति के संबंध में केन्द्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की और प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों से उन्हें अवगत कराया

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने राज्य में चल रही साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उनहोंने कहा कि प्रदेश में रिवर राफ्टिंग ट्रैकिंग और पैराग्लाईडिंग जैसी गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा दिया जा रहा है मुख्य सचिव ने पैराग्लाईडिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने पर बल देते हुए इसके लिए मोबाईल ऐप्प विकसित करने की जरूरत बताई ताकि पैराग्लाईडरों के उड़ान समय को मॉनिटर किया जा सके बैठक में कठिन ट्रैकिंग रूटों पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग बैंड के प्रयोग पर जोर दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत व बचाव कार्य को आसान किया जा सके महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए वे आज मण्डी जिले के धर्मपूर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर धर्मपुर व सरकाघाट उपमण्डल में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे उन्होंने धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों को लेकर की गई घोषणाओं पर हुए काम की प्रगति की भी समीक्षा की महेन्द्र सिंह ने हर घर को नल से जल योजना के लिए विभाग के अधिकारियों को तैयार रहने और जल संग्रहण के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा

ऊना जिला के थाना खास गौशाला में आज पौधारोपण कार्यक्रम के बाद उन्होंने ये जानकारी दी वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि बागवानी विभाग के माध्यम से इस परियोजना के पहले चरण में बिलासपुर ऊना हमीरपुर कांगड़ा और मण्डी जिलों को शामिल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत बागवानों के कलस्टर बनाकर बड़े स्तर पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे इस बीच उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय बंगाणा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गोविंद ठाक्र खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला लाहौल स्पिति में हाई एल्टीचियूड स्टेडियम बनाया जाएगा और जिले को साहसिक पर्यटन व खेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा परिवहन व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिस्पा में पर्यटन उत्सव के शुभारम्भ अवसर पर ये बात कही उन्होंने पर्वतारोहण संस्थान को जिले में साहसिक गतिविधियों से जुड़े स्थानों को चिन्हित करने और मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गोबिंद ठाकुर ने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का आग्रह किया

कार्यशाला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं के स्वास्थ्य व सम्मान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई है महिला स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण और शारीरिक विकास विषय पर आज न्यायिक अकादमी घण्डल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य व पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि स्वस्थ व सशक्त समाज के निर्माण में उनका सहयोग और भूमिका अधिक प्रबल हो सके उन्होंने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की अपील की रेखा शर्मा ने महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए विभिन्न स्तरों व संस्थाओं के तहत मानसिक परामर्शदाताओं की जरूरत पर भी जोर दिया कार्यशाला में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर सहित गुजरात झारखण्ड और हरियाणा राज्यों के महिला आयोग की अध्यक्षों के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया विक्रम ठाकुर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार गम्भीर है और इस दिशा में ही धर्मशाला में इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है उद्योग व श्रम मंत्री विक्रम ठाक्र ने नगरोटा बगवां स्थित राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के व लड़कियों के छात्रावासों के लोकार्पण अवसर पर ये बात कही

युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने हर वर्ग से सहयोग की अपील भी की ताकि युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके उन्होंने कम्पयूटर सेंटर व लाईब्रेरी का शिलान्यास भी किया

पठानिया ने कहा कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों में कल्वर के रूप में ओवर स्पीड नशा कर वाहन चलाना वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना और सीट बैल्ट व हैल्मेट पहनने की आदत विकसित न हो जाए

उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे विकास और लागू की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से अवगत कराया इस बीच सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष नंदलाल ने भी राज्यपाल से भेंट की

मौसम प्रदेश में पिछले तीन दिन में हुई मूसलाधार वर्षा से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है

ऊना से हमारे प्रतिनिधि राजेश शर्मा के मुताबिक पानी की सही निकासी न होने से मिनी सचिवालय और जिला न्यायालय पूरी तरह जलमग्न हो गए

इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर निजी घरों व दुकानों में जलभराव होने से नुकसान हुआ है

इधर मण्डी जिले में अनेक स्थानों पर मूसलाधार वर्षा से भूस्खलन और पेड़ गिरने से रास्ते व बिजली आपूर्ति कृछ देर के लिए बाधित रही

इधर कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जाबली में सरकारी स्कूल की ईमारत के नीचे सड़क पर लगा डंगा गिरने से भवन को खतरा हो गया है

विभाग ने तीन व चार अगस्त को मध्य पर्वतीय व निचले मैदानी इलाकों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है जायजा इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले में भारी वर्षा से हुए नुकसान का आज जायजा लिया उन्होंने लमलेहड़ी और विभिन्न स्थानों में मुआयना कर प्रशासन को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने प्रभावित परिवारों को तुरन्त सहायता देने के प्रशासन को निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ने प्रभावितों को सरकार की तरफ से हर सम्भव सहायता का भरोसा दिलाया